कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार ओजस्वी मंडावी को ग्यारह हजार एक सौ बयानवे मतों के अंतर से हराया श्रीमती कर्मा को पचास हजार अट्ठाईस वोट मिले हैं जबकि भाजपा उम्मीदवार ओजस्वी मंडावी को अड़तीस हजार आठ सौ छत्तीस मत हासिल हुए दंतेवाड़ा के डाइट परिसर स्थित मतगणना केन्द्र में आज सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई इसके बाद ईव्हीएम के जरिये वोटों की गिनती की गई मतगणना के लिए चौदह टेबल लगाए गए थे वोटों की गिनती बीस चक्रों में पूरी हुई ईव्हीएम से गणना पूर्ण होने के पश्चात बाद लॉटरी पद्वति से चुने गए पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गणना कर मिलान किया गया पहले राउंड से ही कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त बना ली थी वोटों की गिनती के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित विभिन्न पार्टियों के नेता मौजूद थे जीत के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए श्रीमती कर्मा ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आम जनता को दिया है उन्होंने कहा कि वे दंतेवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी काम करती रहेंगी आज हुई मतगणना और इस चुनाव परिणाम के बारे में ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दंतेवाड़ा संवाददाता नरेश मिश्रा

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि यह राज्य सरकार के सकारात्मक कार्यो की जीत है वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेण्डी ने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत सतत् चलने वाली प्रक्रिया है उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए परिस्थितियां विषम थीं लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसे सम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनतांत्रिक मूल्यों और धन बल के बीच था तथा कांग्रेस भ्रम फैलाकर जीतने में सफल रही गौरतलब है कि यह सीट भाजपा विधायक भीमा मंडावी की इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव के दौरान माओवादी हमले में मौत हो जाने के कारण खाली हुई थी इस उप चुनाव के लिए तेईस सितंबर को वोट डाले गए थे चित्रकोट उप चुनाव वहीं चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए आज एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया अधिसूचना प्रकाशन के पांचवें दिन आज बुरगुम गांव के बोमड़ा मंडावी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया इसके अलावा पांच अन्य लोगों ने नामांकन पत्र लिए हैं अवकाश होने की वजह से कल और परसों नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे सोमवार तीस सितंबर नामांकन पत्र दाखिल की अंतिम तिथि है इस दिन सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे आगामी एक अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे

गहलोत रायपुर दौरा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी विकास योजना के कार्यो को एक नवाचार बताते हये इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की है श्री गहलोत अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं आज उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रायपुर जिले के आरंग में सुराजी गांव योजना के तहत बनाए गए आदर्श गौठान का अवलोकन किया श्री गहलोत ने बनचरौदा में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गौठान के गोबर से बनाई गई पूजन सामग्री सौंदर्य प्रसाधन जैविक खाद और औषधि के साथ ही कुटीर उद्योग के माध्यम से तैयार दोना पत्तल देखे उन्होंने कहा कि यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल महात्मा गांधी के सपनों को सही मायने में साकार कर रहे हैं

यह कार्यक्रम उन्नीस सितंबर को सुबह ग्यारह बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा स्कूल इको क्लब प्रदेश में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेण्डरी स्तर तक की शालाओं में युवा और इको क्लब का गठन किया जाएगा युवा क्लब के गठन का उद्देश्य बच्चों में सुजनात्मक कौशल कल्पनाशीलता जिम्मेदारी और सामूहिकता को बढ़ावा देना है स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के सामने इस योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया मंत्री ने जिला अधिकारियों को सभी स्कूलों में जल्द ही युवा क्लब और इको क्लब का गठन कर उन्हें सक्रिय बनाए रखने के निर्देश दिए विश्व पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ अस्सी में विश्व पर्यटन संगठन यू एन डब्ल्यूटीओ का संविधान लागू हुआ था भारत पहली बार इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन कर रहा है इस वर्ष का विषय है पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ देश को एक अच्छे पर्यटन केन्द्र के रूप में उभर रहा है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है

इस सिलसिले में सामान्य प्रसव हर एक महिला का मूल अधिकार विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इस सम्मलेन के दौरान देशव्यापी सामान्य प्रसव अभियान शुरू किया गया साथ ही ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया है कार्यक्रम का आयोजन शासकीय नर्सिंग कॉलेज रायपुर और सोसाइटी ऑफ मिडवाइव्स ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है राजधानी के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार इंडियन नर्सिंग काउंसिल विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ मैटरनिटी फाउंडेशन व्हाइट रिबन एशोसिएशन ऑफ इंडिया फर्नांडीज फाउंडेशन और झपाइगो संस्था के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं

सम्मेलन में देशभर से आमंत्रित विशेषज्ञ अलग अलग सत्रों में सामान्य प्रसव के महत्व और तकनीक के बारे में विस्तार से बता रहे हैं रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन दिनों भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में आज स्वच्छ नीर अभियान चलाया गया इसमें रायपुर रेलमंडल के सभी कार्यालयों यूनिट रेलवे कॉलोनी हॉस्पिटल स्कूल और रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले पानी की व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता की जांच की गई वरिष्ठ अधिकारियों ने रायपुर दुर्ग भिलाई पावर हाउस भाटापारा तिल्दा नेवरा और बिल्हा सहित अन्य रेलवे स्टेशनों और यहां से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में साफ सफाई का निरीक्षण किया और पीने के पानी की जांच भी की स्वच्छता पखवाड़े का समापन तीस सितंबर को होगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी का प्रसारण तेरह अक्टूबर को होगा इस बार लोकवाणी का कार्यक्रम स्वास्थ्य और मातृ शक्ति विषय पर आधारित रहेगा इस विषय पर श्रोता अपने विचार कल से लेकर तीस सितंबर तक रख सकेंगे वे दूरभाष क्रमांक शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच छह एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं राज्यपाल एनएसएस छात्र मुलाकात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है और वे अपने जीवन में किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं यह बात राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित छत्तीसगढ़ के एनएसएस कैडेट प्रियंका बिस्सा और सिमरदीप स्याल से सौजन्य भेंट के दौरान कही संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में रायपुर में एक कारोबारी को ब्लैकमेल कर एक करोड़ रूपये से अधिक की वसूली करने के मामले में पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ की एक युवती को गिरफ्तार किया है दशहरा और दीपावली के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए संतरागाछी और हापा के बीच एक सुविधा स्पेशल ट्रेन तीन फेरों के लिए चलाई जाएगी